मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने व उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देने की बताई जरूरत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से डिजिटल इंडिया से जुड़ कर न्यू इंडिया निर्माण में भागीदारी निभाने का किया आग्रह स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को बरसात में होने वाली बीमारियों की रोकथाम करने के दिए निर्देश

यह संघर्ष दो महीने से भी अधिक समय तक चला था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कारगिल युद्ध में देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को नमन किया उन्होंने आज शिमला में कहा कि सरकार की तरफ से शहीदों के परिजनों को हर संभव सहायता दी जा रही है

कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया

उन्होंने कहा कि विजय दिवस वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य की गौरव गाथा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के अन्य राज्यों के सैनिकों के साथ हिमाचल के जवानों ने इस युद्ध में हिस्सा लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि देश के नौजवान किसी भी स्थिति में भारत की रक्षा करने का जज्बा रखते हैं शिमला में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए सुरेश भारद्वाज ने कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित किए

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने और उनकी गुणवत्ता पर नजर रखने की जरूरत बताई है आज शिमला में हिम प्रगति पोर्टल के तहत परियोजनाओं की दूसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को समय पर आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के निर्देश दिए

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिम पोर्टल निवेशकों की समस्याओं को हल करने व परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने में मददगार साबित होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने पर्यटन विभाग को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए लैंड बैंक बनाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रथा को बंद करने पर सरकार विचार करेगी क्योंकि इससे विकास परियोजनाओं को आरंभ करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है वित्त राज्य मंत्री केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाक्र ने कहा है कि उन्होंने आर्थिक नीति निर्धारण प्रक्रिया में ओपन ग्लास डोर पॉलिसी को अपनाया है सीआईआई द्वारा डिजिटल व कैशलैस अर्थव्यवस्था पर आज नई दिल्ली में आयोजित भारत के डिजिटल भुगतान का भविष्य कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही अनुराग ठाकुर ने सभी से डिजिटल इंडिया से जुड़ कर न्यू इंडिया निर्माण में भागीदारी निभाने का आग्रह किया

उन्होंने स्क्रब टायफस की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए

उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस सी की निशुल्क जांच व ईलाज का पहला चरण आईजीएमसी शिमला और टांडा मैडिकल कॉलेज से शुरू किया जा रहा है दूसरे चरण में यह सुविधा सभी अस्पतालों में उपलब्ध करवा दी जाएगी मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने अपने लाहौल दौरे के अंतिम दिन आज केलंग में दो आध्निक एम्बुलेंस का लोकापर्ण किया इनमें से एक एम्बुलेंस स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर और दूसरी केलंग स्थित अस्पताल को दी गई है मारकंडा ने कहा कि यह एम्बुलेंस वेंटिलेटर सुविधा से लैस है और इसमें लगे उपकरण सामान्य एम्बुलेंस से बेहतर है

विक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री विक्रम ठाक्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए और प्रयासों की जरूरत बताई है खादी व ग्रामोद्योग निदेशक मंडल की आज शिमला में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को इस कार्यक्रम के तहत चल रही इकाईयों को कार्यो की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने को कहा विक्रम ठाकुर ने कहा कि इस रिपोर्ट से इकाईयों में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या का पता चल सकेगा वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि सरकार ने हर जिले में युद्ध संग्रहालय बनाने का फैसला लिया है ऊना में कारगिल विजय दिवस पर हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने शहीदों को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि सरकारी कार्यो में सैनिक परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सीमाओं पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का देश हमेशा ऋणी रहेगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हर बार हार का सामना करने वाला पाकिस्तान अब युद्ध से ज्यादा खतरनाक आतंकवाद को बढ़ावा देने की रणनीति पर काम कर रहा है उन्होंने शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है